इस चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तेरह सीटों पर आगामी उन्नीस मई को वोट डाले जायेंगे ये सीटें हैं महराजगंज गोरखप्र क्शीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमप्र बलिया गाजीप्र चन्दौली वाराणसी मिर्जापूर और राबर्ट्सगंज इस चरण से जिन प्रमुख उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और अनुप्रिया पटेल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पण्डेय फिल्म अभिनेता रवि किशन और पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कॉंग्रेस नेता आरंपीएन सिंह शामिल हैं प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अन्तिम चरण के राजनीतिक परिदृश्य पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट सभी बड़े राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं

कांग्रेस नौ सीटों पर मैदान में है और दो सीटों चंदोली और गाजीप्र में उसने जन अधिकार पार्टी को अपना समर्थन दिया है

सीपीआई और सीपीआईएम तीन तीन सीटों पर मैदान पर है

यहां प्रमुख उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महिन्द्र नाथ पांडे चंदौली और फिल्म स्टार रविकिशन गोरखपुर में तथा कांग्रेस के आरपीएन सिंह कृशीनगर से मैदान में हैं आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुलतान सिंह यादव च्नाव प्रचार के अन्तिम दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झॉकी दिग्गज नेताओं और स्टार प्रचारकों ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील की कॉग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज प्रदेश के मिर्जापूर में रोड शो किया उन्होंने कुशीनगर जिले के पड़रीना में एक जनसभा को सम्बोधित भी किया उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पर फिर से भरोसा नही किया जा सकता क्योंकि वह पिछले पांच वर्षो में अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज गोरखपुर में मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लेकर लोगों से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री कर्नल राज्यव्धन सिंह राठौर और पीयूष गोयल ने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समर्थन में जनसभायें की सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने आज मिर्जापुर में संयुक्त रैली की रैली को सम्बोधित करते हुये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में गरीबों और वंचितों का उत्पीड़न हो रहा है दोनों की पार्टियों ने जनता से झूठे वादे किये हैं आज ही चन्दौली में भी एक रैली आयोजित हुयी जिसे सुश्री मायावती के अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अव्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अजित सिंह ने भी सम्बोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में एक एक जनसभायें कीं और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी की अनुशासनात्मक समिति से भाजपा नेताओं प्रज्ञा सिंह ठाक्र अनन्त हेगड़े और नलिन कतील को नाथूराम गोडसे से संबंधित विवादास्पद टिप्पणी करने पर कारण बताओ नोटिस देने को कहा है उन्होंने समिति से दस दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि इन नेताओं की टिपणियां उनके अपने विचार हैं और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन इनकी टिप्पणियां पार्टी की विचारधारा और मर्यादा के खिलाफ हैं और इस मामले को गम्मीरता से लिया गया है केन्द्रीय नागरिक विमानन सचिव प्रदीप खरोला ने कहा है कि उनका मंत्रालय जेट एयरवेज की विदेशी उड़ानों के मार्ग को दूसरी विमान कम्पनियों को अस्थाई आधार पर आवंटित करने की एक पारदर्शी प्रक्रिया तैयार करेगा आज नई दिल्ली में उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रालय ने इस बारे में विमान कम्पनियों से उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी मांगी है उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटीईटी दो हजार उन्नीस में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत आरक्षण दिये जाने संबंधी याचिका पर केन्द्र सरकार और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से जवाब मांगा है न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा है कि ये दोनों अपने जवाब मामले की अगली सुनवाई की तिथि पहली जुलाई तक दाखिल करें